विश्व क्षय रोग दिवस पर प्रदेश में हुए कई जागरूकता कार्यक्रम अष्टमी के मौके पर मंदिरों में लगा भक्तों का तांता लोगों ने किया कन्याओं का पूजन मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना में आज अनेक विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए जिले के बसदेहड़ा में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य में भाजपा संगठन की प्रतिबद्धता व निष्ठा के कारण सत्ता में आई है जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उमरी है जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को जाता है मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार को मजबूत करने के सभी को एकजुट होना चाहिए ताकि देश को विश्व का मार्गदर्शक बनाया जा सके ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार सांसद अनुराग ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने भी जनसभा को संबोधित किया ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा और विधायक बलवीर चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे नलवाड़ी मेला इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शाम बिलासपुर में राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता की उपायुक्त विवेक भाटिया ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया सांसद अनुराग ठाकुर विधायक सुभाष ठाकुर जेआर कटवाल और राजेन्द्र गर्ग भी समारोह में मौजूद रहे भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राज्य में गुणात्मक शिक्षा के प्रसार की जरूरत पर बल दिया है शिमला जिले में ठियोग महाविद्यालय के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षर होना नहीं बल्कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संवर्दन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित बनानी चाहिए कुल्लु भाजपा वन व परिवहन मंत्री गोविन्द ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में ईको पार्क विकसित किए जाएंगे ताकि लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके वे आज कुल्लू में भाजपा के सम्मान समारोह में बोल रहे थे उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में अधिक मतदान दर्ज करवाने वाले मतदान केन्द्रों व उनके पालकों को सम्मानित किया इस दौरान सांसद रामस्वरूप शर्मा और आनी के विधायक किशोरी लाल समेत पार्टी के अन्य नेता समारोह में मौजूद रहे बाद में परिवहन मंत्री ने स्थानीय महाविद्यालय के सांस्कृतिक समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया उघर सोलन ज़िले में दून क्षेत्र के पट्टा में हुए ऐसे ही एक समारोह में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाने का आग्रह किया पार्टी उपाध्यक्ष गणेशदत्त ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया

प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना व प्रसारण मंत्रालय और द्रदर्शन समाचार के यूट्यूब चैनलों और आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आई एन पर भी यह उपलब्ध रहेगा कार्यक्रम के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात आठ बजे दोबारा सुना जा सकेगा बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने युवाओं से देश व प्रदेश को नशामुक्त और स्वच्छ बनाने का संकल्प लेने का आहवान किया है सोलन में आज राजकीय विद्यालय के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि नशे की बुराई से युवाओं को बचाने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार को समाज के एक एक व्यक्ति का साथ चाहिए बिंदल ने कहा कि स्वच्छ परिवेश अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण करता है और स्वस्थ व्यक्ति ही समग्र विकास में योगदान दे सकता है उन्होंने मेघावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया बैठक मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने जयपुर में आज उत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक में भाग लिया उन्होंने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में प्रदेश की सदस्यता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण वन स्वीकृतियां वनीकरण मुआवजे के भुगतान के अलावा राज्य से जुड़े अनेक मामले बैठक में उठाए

दुर्घटना शिमला ज़िले में दो सड़क दुर्घटनाओं में बीती रात एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए पहली दुर्घटना में चौपाल क्षेत्र के नेरवा में एक जीप के गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए एक अन्य हादसे में रामपुर शिमला मार्ग पर बदराश के समीप कार व बाईक टक्कर में दो युवक घायल हुए हैं

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पार्टी के सभी विधायकों से बैठक में भाग लेने का आहवान किया है

इस दिवस पर हिमाचल सरकार ने नारा दिया है स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल और टीबी मुक्त हिमाचल इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना में क्षय रोग मुक्त हिमाचल अभियान का शुभारंभ किया

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी के बारे में जागरूकता लाने का सराहनीय कार्य किया है और इसके प्रति समाज में गलत धारणाएं काफी हद तक समाप्त हो चुकी हैं

चंबा में विधायक पवन नैययर ने क्षय रोग जागरूकता रैली को हरी झण्डी दिखाई केलंग में एसडीएम अमर नेगी ने कहा कि क्षय रोग लाईलाज बीमारी नही है और जागरूकता से ही इसका उन्मूलन किया जा सकता है प्रदेश के अन्य भागों में भी विश्व क्षय रोग दिवस पर जागरूकता कार्यकम आयोजित किए गए अनुराग ठाकुर इस बीच सांसद अनुराग ठाकुर ने टीबी के खिलाफ व्यापक जागरूकता बढ़ाने व इससे लड़ने की ज़रूरत पर बल दिया है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि टीबी भारत में तेजी से पैर पसार रहा है लेकिन सामूहिक प्रयासों से इस बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है रणघीर प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने आनंदपुर साहिब नैना देवी रोप वे परियोजना की प्रकिया दोबारा शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आमार जताया है एक बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर पंजाब सरकार ने भी इस परियोजना को शुरू करने पर सहमति जताई है

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से स्पष्ट है कि भाजपा इस परियोजना को बनाने के लिए वचनबद्ध है अर्थ ऑवर आज रात साढ़े आठ बजे से साढ़ नौ बजे तक अर्थ ऑवर मनाया जायेगा

इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व एक साथ एक घंटे के लिए अनावश्यक लाइट बंद करके जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने का संकल्प व्यक्त करता है केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन ने लोगों से आज एक घंटा बिजली बंद करने की अपील की है नवरात्र चैत्र नवरात्रों के आज सातवें दिन मां दूर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है प्रदेश के सभी शक्तिपीठों समेत अन्य मंदिरों में लोग पूरी श्रद्वा व भक्ति से पूजा अर्चना कर रहे हैं इस बीच अष्टमी का पर्व भी आज ही मनाया गया इस मौके लोग नन्हीं कन्याओं की पूजा अर्चना की नवरात्र के चलते दिनभर प्रसिद्ध शक्तिपीठों सहित मां दुर्गा के अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने लोगों से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लाभ लेने का आहवान किया है कांगड़ा जिले में शाहपुर क्षेत्र के रक्कड़ का बाग में आयोजित छिंज मेले में उन्होंने कहा कि सरकार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के नियोजित विकास पर बल दे रही है सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में सभी मूलभूत सुविधाओं के ढांचागत विकास पर भी बल दिया जा रहा है स्वाइन फल् प्रदेश में स्वाइन फ्लू का इस वर्ष का पहला मामला सामने आया है

समाचार ऐजैंसी हिन्दुस्थान समाचार के अनुसार ये मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने सतर्कता बढ़ा दी है अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डाक्टर रमेश चंद ने बताया कि पीड़ित युवक की हालत फिलहाल सामान्य है

उन्होंने आज चंबा में कहा कि इसके लिए योजना तैयार कर ली गई है और जल्द कार्य शुरू किया जाएगा इस दौरान उन्होंने ज़िला मुख्यालय से सिंगी और कोल्हड़ी गांवों के लिए रसोईगैस की गाड़ी को भी रवाना किया स्वच्छता किन्नौर ज़िला प्रशासन व आईटीबीपी के सहयोग से रिकांगपिओ में आज स्वच्छता अभियान चलाया गया इस दौरान रिकांगपिओ बाजार व आस पास के क्षेत्रों की सफाई की गई इस मौके पर सहायक आयुक्त सुरेन्द्र ठाकुर ने केन्द्र सरकार के स्वच्छता अभियान को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का आग्रह किया आईटीबीपी के कमान्डेंट अर्जुन नेगी भी अभियान में मौजूद रहें माकपा माकपा ने शिमला शहर के अनेक भागों में पेयजल संकट पर चिंता जताते हुए नगर निगम से इससे निपटने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है पार्टी नेता संजय चौहान ने कहा कि शहर के अधिकांश क्षेत्रों में तीसरे दिन भी पानी की नियमित आपूर्ति नहीं हो पा रही है उन्होंने राज्य सरकार से भी इस दिशा में तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है